भोपाल का नतीजा दूसरे दिन सुबह तक मिलेगा चुनाव आयोग ने मीडिया में चल रही ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरों को किया खारिज कहा कड़े पहरे के बीच पूरी तरह सुरक्षित हैं ईवीएम

सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और इसके आधे घन्टे बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी मतगणना के अंत में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान उस केन्द्र के वोटों के साथ किया जाएगा इसके बाद ही परिणाम की घोषणा होगी

बैठक में इस आशय का सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद इन दलों के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन दिया

सीएम बयान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये जाने की मांग का स्वागत किया है आज भोपाल में मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सदन में चार बार फ़्लोर टेस्ट करा चुकी है अगर फिर से कराना चाहती है तो उसका स्वागत है उन्होंने कांग्रेस और उनकी सरकार को समर्थन दे रहे दलों के विधायकों पर विश्वास जताया है श्री नाथ ने कहा कि भाजपा अपना मनोबल बढ़ाने के लिये यह मांग कर रही है गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन की विशेष बैठक बुलाने के लिये कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा था

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

बयान में कहा गया है कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्मीदवरों के सामने ही सील कर दी गई है और इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है आयोग ने बताया है कि स्ट्रोंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और केन्द्रीय सुरक्षाबल तैनात हैं आयोग ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों को स्ट्रोंग रूम की निगरानी करने की अनुमति दी गई है और उनके प्रतिनिधि चौबीसों घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं

आतंकवाद विरोधी दिवस आतंकवाद विरोधी दिवस पर आज प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किये गये और लोगों को शपथ दिलाई गई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने निर्वाचन आयोग के कार्यालय में पदाधिकारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर विशेष गड़पाले ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई प्रदेश पुलिस मुख्यालय और मानव अधिकार आयोग सहित सभी शासकीय कार्यालयों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया

इस अभियान में आम लोगों को जोड़ने के लिये रेडियों से प्रचार किया जाएगा